इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए विकास दर पांच प्रतिशत रहने की बात कही गई है इसमें विकास को बढ़ावा देने के लिए राजकोषीय घाटे में वृद्धि होने का भी जिक्र है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने संसद के दोनों सदनों में आज आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया इसमें देश में व्यापार के लिए वातावरण को सरल बनाने के लिए और अधिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया गया है

इससे पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह उत्पादन पांच प्रतिशत था सर्वेक्षण में जमीनी स्तर पर परिसम्पत्तियों के सृजन और उद्यमिता को बढ़ावा देने की बात कही गई है

वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज हमीरपुर जिले में बड़सर विधानसभा क्षेत्र की गारली बणी और झंजयाणी पंचायतों में विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए

वीरेंद्र कंवर ने कहा कि प्रत्येक विकास खंड में आदर्श ग्राम पंचायतें और आदर्श गांव बनाए जाएंगे जहां लोगों को सभी मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी

सरवीण शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा है कि प्रदेश सरकार विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयासरत है कांगड़ा जिले की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मनैई और परगोड़ के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि राष्ट्र के उत्थान में शिक्षा की अहम भूमिका है और राज्य सरकार ने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की है सरवीण चौधरी ने विद्यार्थियों से शिक्षा के साथ साथ खेल व अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेने का आह्वान किया टैट्रा पैक राज्य सरकार ने पेय पदार्थो के टैट्रा पैक के साथ एकीकृत प्लास्टिक स्ट्रा के प्रयोग के लिए छः माह तक अस्थाई रूप से छूट दे दी है एक सरकारी प्रवक्ता के अनुसार छूट की इस अवधि के दौरान उत्पादकों और निर्माताओं को प्लास्टिक स्ट्रा का बायो डिग्रेडेबल विकल्प लाना होगा

हुड़ताल यूनाईटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन के आहवान पर देशभर के बैंक कर्मचारी आज से दो दिन की हड़ताल पर हैं जिससे लोगों को पैसों के लेन देन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर बैंक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जनजातीय जिला लाहौल स्पिति में बैंक कर्मचारियों की हड़ताल के चलते लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा

उड़ान जनजातीय क्षेत्रों के लिए कल पहली फरवरी को हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान भुंतर लोसर भुंतर दूसरी भुंतर स्टिंगरी भुंतर और तीसरी उड़ान भुंतर तांदी डाईट भुंतर के बीच भरी जाएगी

राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए कहा है कि भाजपा ने अपनी सारी शक्ति इन चुनावों में लगा दी है शिमला से जारी एक ब्यान में उन्होंने कहा है कि भाजपा देश की अर्थव्यवस्था और रोजगार पर कोई बात नहीं करती है राठौर ने भाजपा पर नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर जैसे मुद्दों पर देश को गुमराह करने का आरोप भी लगाया